केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राज्य के सीमांत जिला चमोली में भी कामयाबी मिली महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा पॉलीथिन बैन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि पॉलीथीन से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ ही खेती और पशु पक्षियों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कल से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को जन आन्दोलन बना दिया है उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर इस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें

सिंगल विंडो क्लीयरेंस की राज्य प्राधिकृत समिति की पिछली बैठक में पूजी निवेश के इन प्रस्ताओं पर विचार किया गया था

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग इस टाइम लाइन का पालन करें

आपदा सहायता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए

अतिक्रमण देहराद्न शहर में आम लोगों के लिए बनाये गये फूटपाथों गलियों सड़कों और अन्य स्थानों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण चिन्हांकन और सीलिंग का कार्य लगातार किया जा रहा है यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण नगर निगम देहरादून और जिला प्रशासन देहरादून मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं

प्रंभारी जिलाधिकारी ने शिकायतों को सुनने के साथ ही उनके त्वरित समाधान के लिए सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये जनता मिलन कार्यक्रम में विभागों को यह भी निर्देश दिये गए कि जिन शिकायतों का समाधान मिला जिला स्तर पर सम्भव नही हो पा रहा है उनको शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा जाए

वे प्रत्येक माह अपने क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही वहां किये जा रहे कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण हरिद्वार जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का कार्य कल से शुरू होकर महीनेभर चलेगा जिलाधिकारी ने आज कलेक्ट्रेट से स्वच्छता सर्वेक्षण वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस वाहन के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा स्वच्छता के विभिन्न मानकों को अपनाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को सम्मानित भी किया जायेगा

इस अभियान के तहत जिले में जगह जगह गोष्ठियां रैलियां प्रतियोगिताएं रथ यात्रायें हस्ताक्षर अभियान और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरुकता मुहिम चलाई जा रही है यूं तो देश में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले सौ जिलों में चमोली भी शामिल है लेकिन इसके बावजूद यहां की लड़कियां पर्वतारोहण खेल कृद और पर्यावरण सहित अनेक गतिविधियों में देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं चमोली जिले में बेटियों का भविष्य संवारने के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि बेटा बेटी में भेदभाव की मानसिकता को समाप्त कर बाल लिंगानुपात को संतुलित किया जा सके जिले की छात्राओं का कहना है कि उनके विद्यालयों द्वारा बेटियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित ऐ जाते हैं

सरकार द्वारा बेटियों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराने के लिये कई योजनायें संचालित की गई हैं प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है उच्च शिक्षा राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में अधिक छात्र संख्या होने पर सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने विभाग के महाविद्यालयों में प्रवेश के सिलसिले में आ रही समस्याओं के बारे में देहरादून में आयोजित बैठक में दी

इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव विश्वविद्यालयों के कलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे निर्माण कार्य अलमोड़ा जिले में सभी किस्म के निर्माण कार्यों से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिये गए हैं कि जिन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध है उनको प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन कार्यों पर पैनी नजर रखने के साथ ही कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें